मुख्य सचिव अनिल खाची ने जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में गुणवत्ता लाने पर दिया बल लाहौल स्पिति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने असंगठित और अन्य कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष अध्यादेश पारित करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रवासी व असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या काफी अधिक है और राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गरीब मजदूरों की सहायता में कमी अनुभव की जा रही है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के औद्योगिक व अन्य सभी क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन और आधारभूत सेवाएं प्रदान की हैं

केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों लोक निर्माण और परिवहन मंत्रियों से बातचीत की इस दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से ये मांग रखी जयराम ठाक्र ने प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय को सुदृढ़ करने की ज़रूरत पर बल दिया ताकि विभिन्न परियोजनाओं में तेज़ी लाई जा सके

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को प्रदेश की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया वीरेन्द्र कंवर प्रदेश में लॉकडाउन के बीच मनरेगा कार्य शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन आरंभ हो गया है

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इससे न केवल उन्हें आमदनी होगी बल्कि विकास कार्य भी शुरू हो सकेंगे उन्होंने कहा कि सभी कामगारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि और किसानों के विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि उत्पादों के सुचारू विपणन के लिए व्यवस्था बनाई गई है ताकि किसानों को दिक्कत न हो मारकंडा ने कहा कि यदि इसके बावजूद किसानों को कोई समस्या पेश आती है तो वे सीधे उनके मोबाईल नंबर सात शून्य एक आठ चार छः छः आठ दो एक पर संपर्क कर सकते हैं कृषि मंत्री ने किसानों बागवानों से किसान रथ ऐप को डाउनलोड करने का आग्रह भी किया सम्मान कोरोना संकमण के दौरान शिमला शहर की साफ सफाई में योगदान के लिए स्वच्छता स्वयं सेवकों को शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शिमला में एक समारोह में सम्मानित किया

गरीब कल्याण कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को दो दो हज़ार रूपये की राशि का अग्रिम भुगतान किया गया है शिमला ज़िले के ग्रामीण इलाकों में भी किसानों के बैंक खातों में योजना के तहत राशि प्राप्त हुई है

उधर ऊना ज़िले में सरकार से फसल काटने की अनुमति मिलने पर किसानों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है

उन्होंने कहा कि ये राशि आवश्यकता के समय ज़रूरतमंदों की मदद करने में उपयोगी सिद्ध होगी

मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यो की गुणवता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि सभी कार्यो की लागत कम करने के लिए समय रहते ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए

मुख्य सचिव ने कहा कि बहाव जल परियोजनाएं तैयार करने को भी विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए रोहतांग दर्रा जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा कल देर शाम छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है सीमा सड़क संगठन ने फरवरी माह में दर्रे से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया था

उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में दर्रे पर बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है

राजस्व व आपदा प्रबंधन प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने बताया कि सरकार दिल्ली व चंडीगढ़ में अपने अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है और फंसे लोगों से प्राप्त कॉल और ई मेल के आधार पर राहत कार्यों की निगरानी की जा रही है उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में अधिक हिमाचली फंसे हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्र लिखे हैं ताकि लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके

उपायुक्त आर के परूथी ने बताया कि इन पंचायतों में अब कफ्र्य्र में ढील का लाभ भी मिल सकेगा